श्रीलंका में कल ईस्टर के दिन सबसे बडा आतंकी हमला हुआ

कोलंबो के सेंट एंथनी गिरजाघर तथा नेगोम्बो और बट्टीकलोवा के दो गिरजाघरों में विस्फोट हुए अभी तक इन हमलों की किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है विश्व नेताओं ने श्रीलंका में विस्फोटों की कड़ी निंदा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से बात की है और हमलों में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है श्री मोदी ने श्रीलंका को हरसंभव मदद की पेशकश की है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इन हमलों पर द्रख व्यक्त किया है श्री गांधी ने आतंकवाद के इस घृणित कार्य की कड़ी निंदा की प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये प्रचार अभियान आज भी जोरो पर रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर बाद उदयपुर और जोधपुर में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे

इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के चित्तौडगढ और बाडमेर में दो चुनाव सभाओं को संबोधित किया बाडमेर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश का मान बढाने में कोई कसर नहीं छोडी तथा आगे भी अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी वहीं चित्तौडगढ में उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक किया इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आज प्रदेश के दौरे पर आ रहे है वे बीकानेर जिले में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल अपनी पार्टी के लिये धुआंधार प्रचार किया गुजरात के अलावा उन्होंने प्रदेश के सिरोही और सिवाना में भी जनसभाओं को संबोधित किया सिरोही की सभा में श्री गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया और अब वह सेना के काम के भरोसे फिर से सत्ता मे आना चाहती है

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा

इससे पहले कल शाम इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया अंतिम दिन प्रत्याशियों के समर्थन में विभिन्न पार्टियों के बडे नेताओं ने पूरी ताकत झोक दी इधर चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये आज अधिसूचना जारी होगी

नाम वापसी के बाद इन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो सकेगी प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिये आयोजित किये जा रहे सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम के तहत आज भी कई गतिविधियां हो रही है इससे पहले कल उदयपुर में गणगौर घाट पर दीपदान का आयोजन किया गया जिसमें सहायक स्वीप प्रभारी अधिकारी और मुख्य आयोजना अधिकारी पुनीत शर्मा ने उपस्थित लोगो को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की साथ ही सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई

वहीं एथिकल वोटिंग विषय पर इंडिंगो रंग के साथ लालच पर चोट सोच समझकर करेंगे वोट स्लोगन के साथ बैंड वादन और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जमीन घोटाले के मामले की सुनवाई अब जयपुर में ईडी मामलों की विशेष अदालत में होगी बीकानेर जिले के श्रीकोलायत स्थित न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर यह आदेश पारित किया

मामले में अगली सुनवाई सात मई को होगी

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये पृथ्वी के संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है उदयपुर में जिला पर्यावरण समिति द्वारा कई गतिविधियां हो रही है इसी के तहत आज सुबह शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा रन फॉर अर्थ थीम पर रैली का आयोजन किया गया जागरूकता रैली और पर्यावरण चेतना रथ को गुलाब बाग के मुख्य द्वार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया करौली और बीकानेर में भी छात्र छात्राओं द्वारा आज जनजागरूकता के लिये रैली निकाली गई वहीं कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है मौसम के मिजाज में आये बदलाव के कारण प्रदेश में गर्मी वापस बढ गई है सभी इलाकों में तापमान में बढोतरी दर्ज की गई है

आईपीएल में आज जयपूर के सवाईमानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा आज का मैच जीतकर राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी संभावना को जिंदा रखने की कोशिश करेगी